केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वच्छता मानकों पर खरे उतरे क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा शिमला जिले के चौपाल उपमंडल में रानवी के समीप वाहन के खाई में गिरने से छः लोगों की मौत सांसद शांता कुमार ने बढ़ते सड़क हादसों पर जताई चिंता यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने की बताई जरूरत मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला जिले में रोहड् उपमंडल के अग्निकांड प्रभावित कशैनी गांव के पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात की जयराम ठाकर ने कठिन हालात में भी हौंसला रखते हए बाकी घरों को जलने से बचाने के लिए ग्रामीणों की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गांव के लोग प्रभावित स्थल पर ही दोबारा घर बनाना चाहते हैं तो सरकार यहां तक सड़क बनाने का प्रावधान करेगी और अगर ये लोग किसी अन्य स्थान पर बसना चाहते हैं तो भूमि चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने इस बारे में ग्रामीणों से एकजुट होकर निर्णय लेने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने गांव में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए पेयजल आपूर्ति योजना के संवर्द्वन के लिए तय समय में कदम उठाने को कहा जय राम ठाक्र ने कहा कि प्रभावितों को घर बनाने के लिए टीडी के माध्यम से लकड़ी दी जाएगी और जिन लोगों ने राज्य सहकारी बैंक या अन्य बैंकों से ऋण लिया है उसकी रिकवरी प्रक्रिया एक वर्ष तक रोकने के प्रयास किए जाएंगे उन्होंने प्रभावितों की हर संभव मदद के निर्देश प्रशासन को दिए इस मौके विधायक नरेंद्र बरागटा राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा और शिमला नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट कांग्रेस नेता हरीश जनारथा सहित वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौजुद रहे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने मंडी जिले में सिराज निर्वाचन क्षेत्र के छत्तरी में आज एक जनसभा में ये बात कही जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश का संतुलित व चहमुखी विकास करना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए छतरी में उपतहसील खोली है मंगर कुछ राजनीतिक विरोधी विकास को देख नहीं पाए और जंजैहली मामले को अनावश्यक बढ़ाया गया उन्होंने क्षेत्र में दो सड़कों के स्तरोन्नयन का भूमि पूजन किया और क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा भी की करसोग के विधायक हीरालाल और आनी के विधायक किशोरी लाल ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे महेंद्र सिंह सिंचाई य जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने आज रिकांगपिओ में सूखे की स्थिति को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ एक बैठक की बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि किन्नौर जिले में कम बर्फबारी होने से पानी की कमी को देखते हुए एक कार्य योजना बनाई गई है महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पूह में करीब साढ़े छः करोड़ रुपए की उठाऊ सिंचाई योजना की डीपीआर बना कर केंद्र की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी उन्होंने रिकांगपिओ और कल्पा के बीच एक बड़ी पेयजल योजना का प्रारूप तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए महेंद्र सिंह ठाकुर ने जिले में पेयजल योजनाओं और बागवानी क्षेत्र की दुदर्शा के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है

इस मौके उन्होंने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया

स्वच्छता के विभिन्न मानकों में देश भर में अव्वल रहे कुल्लू जिले के क्षेत्रीय अस्पताल को इस मौके राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील चंद्र शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से ये पुरस्कार हासिल किया यह प्रस्कार ऐसे जन स्वास्थ्य संगठन को प्रदान किए जाते हैं जो साफ सफाई आरोग्य और संक्रमण नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं इस अवसर पर जेपी नड्डा ने कहा कि कायाकल्प पुरस्कारों से अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को भी स्वच्छ भारत के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी उन्होंने कहा कि इससे पहले स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता था मगर अब यह सरकार की कार्यसूची का महत्वपूर्ण विषय बन गया है पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र सरकार ने यौन शोषण अपराधों से संबंधित सबूत इकट्डे करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई है राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्रों में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने यौन शोषण अपराधों से निपटने के लिए उठाये गये जरूरी कदमों का उल्लेख किया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों के साथ मिलकर जांच में बाधा डालते हैं केंद्रीय मंत्री ने राज्यों में फोरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशालाएं खोलने में मदद की पेशकश भी की है उन्होंने राज्यों से बच्चों के प्रति यौन अपराध रोकने के लिए बच्चों को ई बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सांझे प्रयासों पर बल दिया है चौपाल निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनैर का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों व अभिभावकों के सहयोग से एक कार्य योजना बनाई जा रही है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में विकास की गति को बढाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी इस मौके उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया विधायक बलवीर वर्मा ने भी समारोह में अपने विचार व्यक्त किए

उन्होंने शिलाई में आज एक जनसभा में कहा कि गरीब व जरूरतमंदों का आर्थिक उत्थान और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है

मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने अपने लाहौल प्रवास के दौरान आज पट्टन घाटी के गांवों का दौरा किया इस मौके पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिले में कार्यरत कर्मचारियों के अग्रिम वेतन भ्गतान के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है और जल्द ही इन्हें अग्रिम वेतन का भुगतान किया जाएगा

समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार वाहन चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई ये सभी मृतक नेरवा के ही रहने वाले थे पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कांगड़ा जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए प्रशासन द्वारा नियमों का सख्ती से पालन न करने पर रोष प्रकट किया है पालमपुर से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि नूरपुर की दर्दनाक घटना के बाद भी जिले की यातायात व्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़ी योजनाएं मंजूर की है जो क्षेत्र के चहूंमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होंगी कुल्लू जिले के बजौरा के समीप हाट मैदान में एक कार्यक्रम में आज उन्होंने ये बात कही रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार चीन सीमा के साथ लगते सभी क्षेत्रों में ढांचागत विकास पर विशेष जोर दे रही है और मंडी संसदीय क्षेत्र का बहत बड़ा भू भाग इससे लाभान्यित होगा